कोरोना मरीज प्रदेश में आज कोरोना संक्रभित उन्नीस और नए मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से बारह कोरबा चार कांकेर और बेमेतरा बलरामपुर तथा बिलासपुर से एक एक मरीज मिले हैं इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर डेढ़ सौ के करीब पहुंच गई है फिलहाल नवासी मरीजों का इलाज चल रहा है वहीं बासठ मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चके हैं वहीं आज तीन कोरोना संक्रभित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद बिलासपुर के कोविड नाइंटीन संभागीय अस्पताल से छटटी दे दी गई ये सभी मरीज जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले थे हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार आज कोरबा से बारह नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो हाल ही में दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं सभी मजदूरों को कोरबा विकासखंड के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कुद्रमाल में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में ठहराया गया था इन मजदूरो की रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद कलेक्टर किरण कौशल सहित वरिष्ठ अधिकारी और मेडिकल टीम क्वारेंटाइन सेंटर पहुंची और क्षेत्र को सील करने के साथ ही क्वारेंटाइन सेंटर को पूरी तरह सेनिटाईजर करने के निर्देश दिए इस क्वारेंटाइन सेंटर में इकसठ प्रवासी श्रमिकों को रखा गया है इधर कांकेर जिले में आज चार नए मरीजों की प्रष्टि हुई है इसमें से दो मामले कांकेर विकासखंड और एक एक मामला कोरर और हाट कोंदल के क्वारेंटाइन सेंटर का है कांकेर में मिला एक मरीज कांकेर जिला अस्पताल में कार्यरत् है जिसके संपर्क में आए जिला अस्पताल के सभी कर्मचारियों को क्वारेंटाइन में रखा गया है शहर के प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है इसी तरह बेमेतरा बलरामपुर और बिलासपुर में भी एक एक मरीज भिले हैं ये सभी प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं इन सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है बलरामपुर जिले से कोरोना का पहला पॉजीटिव मरीज की पुष्टि रायपुर से की गई है यह मरीज रामचंद्रपुर का रहने वाला है इसका इलाज अंबिकापुर में बने कोविड अस्पताल में किया जा रहा है वहीं बेमेतरा जिले में नवागढ़ जनपद के ग्राम बोड़तरा क्वारेंटाइन सेंटर में आगरा से लौटे प्रवासी श्रमिक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बताया कि एम्स रायपुर से मिली रिपोर्ट को बाद संक्रमित युवक को रायपुर के माना स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा बेमेतरा जिले में भी कोरोना संक्रमण का यह पहला मामला है इस बीच राजधानी रायपुर में आज कबीर नगर के पास अपने घर से ड्यूटी जा रहे एम्स के डॉक्टरों का फूलों से स्वागत किया गया स्वागत करने वालों में महिलाए बच्चे व्यापारी और नौकरीपेशा वर्ग के लोग शामिल थे उधर दुर्ग जिले में लौटे प्रवासी मजदूरों की लगातार थर्मल स्क्रीनिंग के बाद दू नॉट प्रणाली द्वारा कोरोना टेस्ट किया जा रहा है कल किए गए टेस्ट के दौरान तीन कोरोना के संदिग्ध मरीज मिले हैं तीनों के सैंपल को प्रष्टि के लिए आज आरटी पीसीआर टेस्ट के लिए एम्स रायपूर भेजा गया है रेल आरक्षण भारतीय रेलवे ने देशमर भें विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली दो सौ तीस रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं भारतीय रेल ने कहा है कि कल से अब तक तेरह लाख यात्री टिकट खरीद चुके हैं आरक्षित टिकट सामान्य सेवा केन्द्रों डाकघर के रिजर्वेशन काउंटर यात्री सुविधा केन्द्र और आईआरसी टीसी के अधिकृत एजेंटों से भी खरीदे जा सकते हैं कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए रेलवे के सभी जोन से साफ सफाई और सामाजिक दरी के नियमों का पालन करने को कहा गया है रेल मंत्रालय ने कहा है कि सामान्य रेलगाड़ियों के परिचालन के साथ ही मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विशेष श्रमिक रेलगाडियां भी चलाई जाती रहेंगी इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों पर आरक्षित टिकट काउंटर शुरू हो गया है यात्रियों द्वारा टिकट लेने की प्रक्रिया शरू हो चकी है इसके अंतर्गत बिलासपुर रायगढ चांपा कोरबा शहडोल अनुपपुर रायपुर भिलाई दर्ग राजिम धमतरो गण्डरदेही और भाटापारा सहित प्रमुख स्टेशनों पर आरक्षण केन्द्र खोले गए हैं रायपुर स्टेशन पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रात में कर्फ्यू होने के कारण आरक्षण केन्द्रों पर आरक्षित टिकट काउंटर दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम साढ़े छह बजे तक ही खोले जाएंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत गॉदिया से रायगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा इसके अलावा हावड़ा मुंबई सीएसटी और हावड़ा अहमदाबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरेंगी

इसी कड़ी में आज कटरा से छह सौ उनहत्तर मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चांपा पहुंची इसमें जांजगीर चांपा जिले के छह सौ इकतालीस कोरबा जिले के छह और रायगढ़ के बाईस श्रमिक शामिल थे इन समी श्रमिकों को चांपा स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो दो बोगियों के अंतराल में उतारा गया उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें बसों के माध्यम से उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया जहां उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा इस बीच राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से लॉकडाउन के दौरान फंसे झारखंड के लगभग नौ सौ श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हटिया झारखंड के लिए रवाना किया गया जिले से यह पहली विशेष ट्रेन है जो श्रमिकों को लेकर गई है श्रमिक स्पेशल ट्रेन इस बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और अन्य वाहनों के माध्यम से अब तक छत्तीसगढ़ के एक लाख छब्बीस हजार प्रवासी श्रमिकों की राज्य में सकृशल वापसी हो चुकी है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए तिरपन श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रस्तावित है श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा रेलवे को अब तक अटठाईस स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के लिए दो करोड़ छियालीस लाख रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही इस महीने के हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है एकल खिडकी प्रणाली राज्य सरकार ने आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे सुगम बनाने के लिए एकल खिडकी प्रणाली सीजी आवास विकसित किया है एकल खिडकी प्रणाली से अब समस्त अनुमति सौ दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी मिली जानकारी के मुताबिक कॉलोनाइजर या आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की चर्त्सीमा के तहत खसरे को एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खसरा एकीकरण के लिए चालीस दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा इस प्रक्रिया के तहत आवेदक को अब बार बार किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी गौरतलब है कि पहले आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए डेढ़ से दो साल का समय लग जाता था वहीं अब इसके लिए सौ दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है इसके तहत भ व्यपवर्तन प्रमाण पत्र अनुमोदित अभिन्यास और कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति सभी एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त होगी आवेदक को पोर्टल पर और एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी समय समय पर होती रहेगी ग ह मंत्रालय र्केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ी रियायत देते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्डघारकों की श्रेणी में आने वालों को विदेश से भारत वापस लाने की इजाजत दी है नये नियमों के अनुसार विदेशों में रहने वाली ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्चों को जिन के पास ओसीआई कार्ड है और जो पारिवारिक आपात कारणों से भारत वापस लौटना चाहते हैं वहां फंसे हए लोगों को वापस लाने के लिए तैनात किये गये विमानों समुद्री जहाजों रेलगाड़ियों या परिवहन के किसी भी ैअन्य साधन से यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है वापसी की यह अनुमति ऐसे दम्पत्तियों को भी दी गयी है जिनमें से किसी एक के पास ओसीआई कार्ड है और दसरा भारतीय नॉगरिक है और यहां उनका स्थायी आवास है इसके अलावा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जिनके पास ओसीआई कार्ड है और जिनके माता पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उन्हें भी वापसी की इजाजत होगी भारतीय डाक सेवा भारतीय डाक ने पंद्रह देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा फिर से शुरू कर दी है इसके साथ ही पहले से ही मौजूद गंतव्य स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रेक पैकेट सेवा भी बहाल कर दी गई है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक टवीट में कहा कि इन सेवाओ के जरिए डाक पहंचने का समय कोरोना महामारी के बीच अंतरराष्ट्रीय उडानों के परिचालन पर निर्भर करेगा कोरोना टीकाकरण परामर्श केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए टीकाकरण सेवाओं के बारे में परामर्श जारी किया है इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं का टीकाकरण जारी रहेगा इस काम के लिए टीकाकरण सेवाओं को दो वर्गो में बांटा गया है कंटेन्मेंट और बफर क्षेत्रों को पहले वर्ग में रखा गया है जबकि दूसरे वर्ग में बाकी के क्षेत्र होंगे टीकाकरण के दौरान किसी भी जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के बीच एक मीटर की दूरी अनिवार्य होगी रिजर्व बैंक रेपो दर रिजर्व बैंक ने रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऋणों के भूगतान में और तीन महीनों की रियायत देने की घोषणा की है इसके अलावा रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए पंद्रह हजार करोड़ रूपये की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की है केंद्रीय खाद्य मंत्री बातचीत केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न व्यवस्था की समीक्षा की इस दौरान श्री पासवान ने लॉकडाउन के समय कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में किए गए उपायों और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की जानकारी ली उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है इस मौके पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने श्री पासवान से सेंट्रल पूल में आठ लाख मीटरिक टन अतिरिक्त चावल लेने का अनुरोध किया उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को दी जा रही प्रति सदस्य पांच ँ किलो निःशुल्क चावल को तीन महीने और बढ़ाने की मांग की श्री भगत ने छत्तीसगढ़ के बीपीएल कार्डघारी परिवारों के समान ही एपीएल कार्डघारी सामान्य परिवारों को भी सस्ता चावल देने का आग्रह किया साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के शक्कर कारखानों से राज्य के लिए शक्कर का कोटा पीडीएस के माध्यम से वितरण करने के लिए अलग से देने का अनुरोध किया

इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं यह व्रत प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में महिलाएं व्रत रखकर अखंड सौभाग्य और परिवार की समृद्धि के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कई सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर घर पर ही सत्यवान सावित्री का ध्यान कर कलश स्थापित कीं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की संक्षिप्त समाचार आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है कोरोना वायरस महामारी के बाद पर्यावरणीय स्थिति में बदलाव के अनुरूप इस वर्ष का विषय है समाधान प्रकृति में निहित है इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करना है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी में कल हुई सड़क दुर्घटना में दो मजदूरों के निधन पर दुख व्यक्त किया है बार्लोद जिले में स्थित दल्ली यंत्रीकृत खदान में आज हुई दुर्घटना में एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई बलौदाबाजार कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सहायक विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया है

दुर्ग जिले में स्मृति नगर पुलिस ने रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर नौ लाख रूपये की ठगी करने के मामले में रायपुर निवार्सी एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है महासमुंद पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर एक कार में जन्मदिन मना रहे सात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है महासमुंद जिले में पिथौरा क्षेत्र के ग्राम डोंगाझर में भालू ने एक वृद्ध पर हमला कर उसे घायल कर दिया घायल वृद्ध को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रिफर किया गया है दुर्ग जिला प्रशासन ने आम दुकानों के संचालन की समयावधि के लिए जनसूचना जारी कर दी है इसके तहत दूध डेयरी और भिल्क पार्लर के लिए प्रतिदिन सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया गया है दुर्ग जिले में खूर्सीपार स्थित एक फूड मिक्चर फैक्ट्री में आग लग गई लगभग सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया महासमुंद जिले में बीती रात हाथियों के एक दल ने बागबाहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम छिंदादर और बोकरामुड़ा के आसपास धान के फसल को नुकसान पहुंचाया है